प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल दिन में ग्यारह बजे वीडियो कॉन्फ्रॅस के माध्यम से साल भर चलने वाले इन कार्यक्रमों का उदघाटन करेंगे श्री मोदी चौरी चौरा घटना को समर्पित एक डाक टिकट भी जारी करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस अवसर पर मौजूद रहेंगे और ब्यौरा हमारे संवाददाता से चौरी चौरा शताब्दी समारोह के आयोजन कल से शुरू हो जाएंगे राज्य के सभी जनपदों में शहीद स्मारकों पर विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा स्कूली छात्र एनएसएस एनसीसी कैर्डेट स्काउट और गाइड महान स्वतंत्रता सेनानियों के अदम्य साहस और योगदान का संदेश देने वाले बैनर और पोस्टर के साथ प्रमात फेरियां निकालेंगे पुलिस बैंड द्वारा शहीद स्मारकों शैक्षणिक संस्थाओं और अन्य स्थानों पर राष्ट्र ध्रन बजायी जाएगी प्रदेश भर में कल सुबह दस बजे छात्र कलाकार और अन्य लोग सम्वेत स्वर में वन्दे मातस्म का गायन करेंगे राज्य में आज से विशेष स्वच्छता अभियान भी शुरू किया जाएगा आकाशवाणी समाचार के लिए गोरखपुर से आदित्य शुक्ला इस बीच प्रदेश सरकार ने चौरी चौरा शताब्दी समारोह के अवसर पर वंदेमातरम के गायन का विश्व कीर्तिमान स्थापित करने की तैयारी कर ली है इसके लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की वेबसाइट आज सुबह नौ बजे से खोल दी गयी है जो कल दोपहर बारह बजे तक खुली रहेगी लोगों से अपील की गयी है कि वे सैत्यूट की मुद्रा में खड़े होकर वंदे मातरम के पहले छन्द वन्देमातरम वन्देमातरम सुजलाम सुफलाम मलयजशीतलाम शस्पशामलाम मातरम वन्देमातरम के गायन का वीडियो बनाकर वेबसाइट पर अपलोड करें वीडियो अपलोड करने के लिए लिंक है चौरी चौरा महोत्सव डॉट आईएन

इस अक्सर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने राज्य में बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा से बचाव के लिए विस्तृत कार्ययोजना बनाकर कार्य किए जिससे बाढ़ की घटनाओं से होने वाले नुकसान में कमी आयी है उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि अपने विधानसभा क्षेत्रों में बाढ़ बचाव से जुड़ी परियोजनाओं को समयबद्ध ढंग से पूरी गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराएं

उन्होंने कहा कि किसानों को उनकी उपज खरीद के बहत्तर घंटे के भीतर भुगतान सुनिश्चित किया जाए श्री योगी ने गेहूं खरीद के लिए भी समी व्यवस्थाए समयबद्ध ढंग से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं मुख्यमंत्री आज लखनऊ में एक उच्चस्तरीय बैठक में विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे श्री योगी ने प्रदेश में चल रहे वरासत अभियान की प्रगति की भी समीक्षा की उन्होंने कहा कि निर्विवाद उत्तराधिकार को खतौनियों में दर्ज करने की कार्यवाही निर्धारित समय सारणी के अनुसार सुनिश्चित की जाए

मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गदनेंस विषय पर कल आयोजित एक बैठक की अध्यक्षता करते हये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पेपरलेस बजट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये श्री योगी ने कहा कि प्रदेश मंत्रिमंडल की अगली बैठक ई कैबिनेट के जरिये होगी हमारे संवाददाता ने बताया है कि अट्ठारह फरवरी से शुरू हो रहे राज्य विधानमंडल के बजट सत्र से पहले हर सदस्य को टैबलेट दिये जायेंगे मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियो के लिए प्रशिक्षण सत्र आयोजित करने के भी निर्देश दिये हैं इस प्रशिक्षण सत्र में भाग लेने वाले सभी अधिकारियों और मंत्रियों को अपने लैपटॉप और टैबलेट को साथ लाना होगा ई कैबिनेट प्रशिक्षण सत्र में सभी प्रतिभागियों को डिजिटल तरीके से काम करने का प्रशिक्षण दिया जायेगा

प्रदेश में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या चार हजार सात सौ पैंसठ है इस बीच राज्य में कोविड जांच तेज गति से चल रही है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने आज लखनऊ में बताया कि कल एक दिन में एक लाख उन्नीस हजार दो सौ बयासी नमूनों की जांच की गयी प्रदेश में अब तक क्ल दो करोड़ बयासी लाख ग्यारह हजार चार सौ उन्सठ नमूनों की जांच की जा चुकी है श्री प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में कल एक हजार छः सौ स्थानों पर कोविड टीकाकरण किया जायेगा उन्होंने कहा कि इसके अगले दिन यानी शुक्रवार को छूटे हुए स्वास्थ्यकर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कर्मियों का टीकाकरण किया जायेगा